उन्होंने कहा कि यह नीति न केवल हमारे युवाओं के भविष्य को मजबूत करेगी बल्कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में भी सहायक होगी राष्ट्रपति ने कहा कि उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय और संस्थान नवाचार के केंद्र होने चाहिए राष्ट्रपति ने कहा कि प्राचीन काल में भारत विश्व स्तर पर शिक्षा का एक सम्मानित केंद्र था तक्षशिला और नालंदा के विश्वविद्यालयों को प्रतिष्ठित दर्जा प्राप्त था लेकिन आज भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों को वैश्विक रैंकिंग में उच्च स्थान प्राप्त नहीं है उन्होंने कहा है कि शैक्षिक संस्थानों को ई लर्निंग ई लाइब्रेरी और अन्य डिजिटल सुविधाएं प्रदान करने के लिए अच्छे पोर्टल और एप विकसित करने चाहिए इस अवसर पर केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति देश में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देगी उन्होंने कहा कि इस नीति से देश ज्ञान की महाशक्ति बन पाएगा

करीब चौदह हजार करोड़ रुपये की लागत से बनायी जाने वाली इन नौ राजमार्ग परियोजनाओं के तहत तीन सौ पचास किलोमीटर लंबाई की सड़कें बनायी जायेंगी ये सड़कें राज्य के भीतर और आसपास बेहतर संपर्क सुविधा और आर्थिक विकास को बढाएंगी खासकर उत्तर प्रदेश और झारखंड के पड़ोसी राज्यों के साथ लोगों और सामानों की आवाजाही में काफी सुधार होगा श्री मोदी कल ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का भी उद्घाटन करेंगे जिससे बिहार के सभी पैंतालीस हजार नौ सौ पैंतालीस गाँवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा से जोड़ा जाएगा यह परियोजना दूरसंचार विभाग इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा कॉमन सर्विस सेंटर के संयुक्त प्रयास से संचालित की जायेगी

सदन ने विधेयकों को प्रवर समिति को सौंपने के विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी अस्वीकार कर दिया लोकसभा दोनों विधेयकों को पहले ही पारित कर चुकी है इधर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रखी जाएगी श्री मोदी ने कहा कि ्रुषि सुधार विधेयक से किसानों को सही मायने में बिचौलियों और अन्य बाधाओं से मुक्ति मिलेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि कई ताकतें नए कानून के बारे में किसानों को भ्रमित करने की कोशिशों में लगी है उन्होंने कहा कि इस कानून से किसानों को और ताकत मिलेगी और उनके सामने कई विकल्प खुल जाएंगे

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड रोगियों की स्वस्थ होने की दर बढ़कर उन्नासी दशमलव दो आठ प्रतिशत हो गई है

वैश्विक स्तर पर भारत में कोरोना से स्वस्थ होने की दर अमरीका से ज्यादा हो गई है

इस समय देश में कोरोना से मृत्यु दर केवल एक दशमलव छह एक प्रतिशत है जो विश्व में सबसे कम है

जो लोगों को व्यापक परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं

अब संकमितों की क्ल संख्या बढ़कर उनहत्तर हजार आठ सौ साठ हो गई है अच्छी बात यह है कि राज्य में संक्रमित हुए मरीजों के स्वस्थ होने की दर देश की औसत दर से ज्यादा हो गयी है देशभर में मरीजों के स्वस्थ होने का दर जहां अठहत्तर दशमलव छह शून्य प्रतिशत है वहीं झारखंड में स्वस्थ होने की दर उन्नासी दशमलव सात दो प्रतिशत हो गयी है अब तक पचपन हजार छह सौ संतानबे मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं वहीं कोरोना संकमण से राज्य में छह सौ पंद्रह मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कमार चौबे ने राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में इसकी जानकारी दी उन्होंने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और भारतीय सीरम संस्थान के बीच दो संभावित टीकों के चिकित्सकीय विकास के लिए एमओयू किया गया है

श्री चौबे ने कहा कि टीका उपलब्ध हो जाने पर इसके वितरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक टीका निगरानी नेटवर्क तैयार किया जा रहा है उन्होंने यह भी कहा कि यह नेटवर्क इंटरनेट आधारित डिजिटल प्रणाली है जिससे टीकाकरण टीकों के भंडार और भंडारण तापमान पर निगाह रखी जा सकेगी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

इनके अलावा इस पोर्टल में थिंग्स दू डू इफ योर चाइल्ड इज विक्टिम हाउ दू एवॉयड आइडेटिटी थेफ्ट पैरेंट्स गाइड ट्र इंटरनेट सेफ्टी ऑनलाइन सर्विस फॉर साइबर क्राइम रिलेटेड इन्वेस्टीगेशन को ऑपरेशन रिक्वेस्ट्स प्रोसीडिओर फॉर यूजिंग दिस ऑनलाइन सर्विस रिपोर्ट ऑफ मिसिंग एंड फाउंड और झारखंड फायर सर्विस की सेवाएं भी शामिल हैं

उन्होंने इस मामले में पूर्व में विज्ञापित रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन देने वाले अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन समर्पित करने और उम्र सीमा में छूट प्रदान करने के प्रस्ताव तथा तत्संबंधी संशोधित अधियाचना पत्र प्रारूप को जेपीएससी को भेजे जाने पर अपनी सहमति दी है

जेपीएससी की ओर से इस संबंध में पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में ही आवेदन आयोग को भेजा है उन्हें फिर से आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी

यह मामला स्वास्थ्य विभाग के लिए क्रय की गई दवाइयां और उनके रखरखाव से संबंधित जिलों में आपूर्ति करने जैसे विषय से संबंधित हैं मुख्यमंत्री ने इस संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अनुशंसा एवं सत्यापनकर्ता के गोपनीय सत्यापन को अधार बनाते हुए मामला दर्ज करने को कहा है

श्रीमती मुर्म ने आज बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष रूपा कुमारी को राजभवन बुलाकर उनसे घटना के बारे में विस्तार से जानकारी ली

राज्यपाल ने इसे समाज के लिए शर्मसार करनेवाली घटना बताते हुए कहा कि वे इस प्रकार की शर्मनाक और निंदनीय घटना के संबंध में राज्य के वरीय पुलिस अधिकारियों से बात करेंगी उन्होंने कहा कि वे पुलिस गेस्ट हाउस में पुलिस कर्मियों द्वारा इस प्रकार के कृत्य किये जाने की सूचना से अत्यंत आहत हैं हमारे पुलिसकर्मी सरकार एवं शासन की छवि होते हैं वे इस प्रकार के कार्य करेंगे तो लोग किस पर विश्वास करेंगे राज्यपाल ने कहा कि वे घटना की पूर्ण जानकारी लेते हुए अपराधियों पर शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश राज्य सरकार को देंगी

आज पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकर के आवास में जॉकर सहायक पुलिस कर्मियों का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों को लेकर मिला मंत्री ने कल दिये गये आश्वासन को दोहराते हुए सहायक पुलिस कर्मियों का सेवा विस्तार करने मानदेय बढ़ाने और पुलिस नियुक्ति में प्राथमिकता देने की बात कही इस पर प्रतिनिधिमंडल सहमत नहीं हुआ और स्थायी नियुक्ति की मांग पर अड़ा रहा मंत्री ने उनके इस रवैये पर कड़ा रूख अपनाते हुए सहायक पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी

इसको लेकर झारखण्ड मुक्ति मोर्चा ने अपनी चुनावी गतिविधियां तेज कर दी हैं

इसको लेकर आज खूंटी कर्रा तोरपा और मुरह् में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम की शुरुआत खूटी के भगत सिंह चौक से हुई गैर सरकारी संस्था फीडिंग इंडिया और इंडियन रोटी बैंक के प्रतिनिधियों ने लोगों के बीच भोजन के संग्रहण और वितरण संबंधी जानकारी दी बताया गया कि घरों होटलों और रेस्त्रां में बचे हुए भोजन को संग्रह कर उसे शेल्टर होम वृद्वा आश्रम अनाथालय में रहने वाले लोगों तक उपलब्ध कराया जा सकता है

जिला खाद्य पदाधिकारी प्रकाश चंद्र ग्रग्गी को फूड बैंक योजना का नोडल पदाधिकारी बनाया गया है

पुलिस ने उसके पास से कई गोलियों और नकदी भी बरामद किये हैं पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी अपहरण बस डकैती और आर्म्स एक्ट सहित कई आपराधिक घटनाओं में वांछित था